राज्यस्तरीय समारोह शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित किया गया जहां राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ध्वजारोहण कर भव्य परेड की सलामी ली समारोह में पुलिस होमगार्ड सेना व अग्निशमन जवानों सहित एनसीसी व एनएसएस वॉलंटियर्स ने शानदार मार्चपास्ट प्रस्तुत किया इसके अलावा विभिन्न जिलों के सांस्कृतिक दलों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए समारोह में विभिन्न विभागों द्वारा विकासात्मक गतिविधियों को दर्शाती झांकियां प्रदर्शित की गई मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र और मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा सहित कई अन्य गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे बिलासपुर समारोह दूसरी ओर अन्य ज़िलों में भी गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने बिलासपुर में ज़िलास्तरीय समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया

कुल्लू समारोह कुल्लू में गणतंत्र दिवस समारोह ढालपुर मैदान में आयोजित किया गया इस दौरान कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया उन्होंने लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी और कहा कि प्रदेश ने विकास के सभी क्षेत्रों में आशातीत प्रगति की है चम्बा समारोह चम्बा ज़िला मुख्यालय में हुए समारोह की शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने अध्यक्षता की उन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले शहीद जवानों को भी याद किया सरवीण चौधरी ने केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को भी सम्मानित किया सोलन समारोह सोलन में हए जिलास्तरीय समारोह में ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने ध्वजारोहण किया उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गांवों को सशक्त आर्थिक इकाई बनाने और गोवंश के माध्यम से आर्थिक समृद्धि के युग का सूत्रपात करने को कृतसंकल्प है उन्होंने कहा कि सभी जिलों को बेसहारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है धर्मशाला समारोह कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला में भी गणतंत्र दिवस ध्रमधाम से मनाया गया समारोह में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्चपास्ट की सलामी ली इस अवसर पर उन्होंने बहुमूल्य सेवाओं के लिए भारतीय सेना के जवानों का आभार जताया इससे पहले राजीव सैजल ने धर्मशाला शहीद समारक जाकर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की ऊना समारोह स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने ऊना में हुए समारोह की अध्यक्षता की और ध्वजारोहण किया उन्होंने ऊना में शहीदी समारक में शहीदों को श्रद्धासमन भी अर्पित किए अपने संबोधन में विपिन परमार ने कहा कि सरकार लोगों को ज़रूरत के समय बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए युनिवर्सल हैल्थ केयर प्रोटैक्शन योजना लागू करने को प्रयासरत है मण्डी समारोह मण्डी के सेरी मंच पर हुए गणतंत्र दिवस समारोह में वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि सरकार के प्रयासों और जन सहयोग से प्रदेश में वन क्षेत्र में अच्छी बढ़ोतरी हुई है

गोविंद ठाकुर ने कहा कि सरकार पर्यटन क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए योजनाबद्व ढंग से कार्य कर रही है हमीरपुर समारोह हमीरपुर में हुए समारोह में उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश न केवल देश बल्कि विश्व में निवेशक प्रिय गंतव्य बनने की ओर अग्रसर है

नाहन समारोह नाहन में हुए समारोह की विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने अध्यक्षता की और ध्वजारोहण कर आकर्षक मार्चपास्ट की सलामी ली उन्होंने लोगों से राष्ट्र की एकता व अखण्डता बनाए रखने का आह्वान किया

लाहौल स्पीति ज़िला मुख्यालय केलंग में कड़ाके की ठण्ड के बावजूद समारोह हर्षोल्लास से मनाया गया उपायुक्त केके सरोच ने ध्वजारोहण कर समारोह की अध्यक्षता की

रिकांगपिओ में उपायुक्त गोपाल चंद ने गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता की उन्होंने कहा कि हिमाचल ने पहाड़ी राज्यों को विकास की नई दिशा दिखाई है और प्रदेश आज विकास का मॉडल राज्य बन कर उभरा है अन्य समारोह शिमला स्थित प्रदेश उच्च न्यायालय परिसर में गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नारायण स्वामी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया विभिन्न जिला न्यायालय परिसरों में भी गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किए गए सुजानपुर क्षेत्र के दरब्यार में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने समारोह की अध्यक्षता की मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जल संरक्षण के लिए देशभर में किए जा रहे व्यापक प्रयासों की सराहना की है

प्रधानमंत्री ने हाल ही में गुवाहाटी में सम्पन्न हुए खेलो इंडिया गेम्स के विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी उन्होंने प्रसन्नता जताई कि इस आयोजन में खिलाड़ियों की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है ऐट होम गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिमला स्थित राजभवन में आज ऐट होम का आयोजन किया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नारायण स्वामी पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सहित कई अन्य गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे पुरस्कार केंद्र सरकार ने इस वर्ष के पदम पुरस्कारों की घोषणा कर दी है

पदमश्री पुरस्कारों में प्रदेश से सिने अभिनेत्री कंगना रणौत व प्रदेश विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त संस्कृत विद्वान प्रोफसर अभिराज राजेन्द्र मिश्रा को पद्मश्री पुरस्कार दिये जायेंगे बधाई इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विख्यात लेखक अभिराज राजेन्द्र मिश्रा व अभिनेत्री कंगना रणौत को पद्मश्री अवॉर्ड के लिए चयनित होने पर बधाई दी है उन्होंने आज नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के फ्लाई पास्ट समारोह में हिस्सा लेने के लिए ग्रूप कैप्टन गौरव चौहान को भी बधाई दी है